मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने रोजगार सुजन लक्ष्यों के लिए आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि रोजगार सुजन के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार कर इनका क्रियान्वयन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सरकार के कार्यक्रम व नीतियां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार करने पर बल दिया जयराम ठाकर ने कृषि व बागवानी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की बात कही क्योंकि इन दोनों में स्वरोजगार की अपार सम्भावनाए है उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को समुचित प्रोत्साहन देने की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और प्लेसमेंट के अवसर बढ़ाने के लिए सभी रोजगार कार्यालयों को कौशल पहचान केन्द्रों व आदर्श करियर मार्गदर्शन केन्द्रों पर परिवर्तित किया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री ने हार्न नोट ओक जागरूकता अभियान और शोर नहीं मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ भी किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्दाज ने कहा है कि तेल संरक्षण और उर्जा का बचाव मौजूदा समय की प्रमुख मांग है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है शिमला में आज पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की एक प्रचार वैन को रवाना करने से पहले उन्होंने ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि तेल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से उर्जा की बचत होगी और जनधन बढ़ाने में सफलता मिलेगी

वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकर ने आज कुल्लू में भौगोलिक संकेत के माध्यम से मूल्य संवर्धन विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यशाला में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी

गोबिंद ठाक्र ने बताया कि प्रदेश के मूल उत्पादों के भौगोलिक संकेतों में पंजीकरण होने से इनका संरक्षण हो सकेगा

आज लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के सवाल के जवाब में केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने बताया कि इससे खाद्यान्न वितरण को सुधारने के अलावा चोर बाजारी और फर्जी राशन कार्डो की समस्या का समाधान हो सकेगा सीआर चौधरी ने बताया कि राशनकार्डो के डिजिटीकरण से सप्लाई चैन मैनेजमेंट खाद्यान्नों के ऑनलाईन आबंटन ट्रांसपेरेंसी पोर्टल की स्थापना और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से जोडने के लिए कहा गया है ताकि सरकारी योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ मिल सके

लोकसभा में स्पोटर्स यूनिवर्सिटी बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शूटिंग रेंज के बनने से खिलाड़ियों को देश में ही विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधा मिल सकेगी उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए निचले स्तर पर मौजूद प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जरूरत बताई

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लोगो को डेंगू रोग से बचाव बारे जागरूक कर रहा है मगर नगर परिषद परवाणू और अन्य नगर परिषदों का कोई सहयोग नही मिल रहा है जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक नगर परिषदों के सहयोग के बिना जिले में डेंगू रोग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज पिछले दो तीन दिन बाद वर्षा हुई